मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई उपाय किये हैं श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुये कहा कि किसानों की सहायता के लिए उनके खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि नये कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है श्री मोदी ने कहा कि देशभर में किसानों ने नये कृषि सुधारों को न सिर्फ गले लगाया है बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सिरे से नकारा है

उत्तराखंड के रूद्रपुर में एक रैली को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में है और जमीन स्तर पर इसके सकारात्मक परिणाम आयेंगे सांसद दिया कुमारी ने कृषि मंत्री द्वारा किसानों के नाम लिखे खुले पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें स्पष्ट बताया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और एपीएमसी मंडियाँ कायम रहेगी सासंद ने किसानों के साथ आम जनता से भी अपील की है कि देश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले विपक्षी दलों के छलावे में नहीं आयें उधर टोंक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि नये कृषि कानूनों से किसानों को मजबूती मिलेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना से पैदा हुई विकट स्थितियों में भी उनकी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के लिए जनकल्याणकारी फैसले लेकर आम लोगों के जीवन बचाने की दिशा में काम किया है अर्थव्यवस्था की खराब हालत के बावजूद बेहतर प्रबंधन से हमने हर वर्ग को राहत पहुंचाई है

श्री गहलोतने कहा कि चिकित्सा से जुड़े कार्मिकों ने बेहतर कार्य कर लोगों की जिन्दगी बचायी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मानव संसाधन के क्षेत्र में राजस्थान सिरमौर बनाने के लिए काम कर रही है इसी रूप में विभागों की योजनाएं बनायी जा रही हैं

मुख्यमंत्री ने सरकार की सभी विभागों की सूचनाओं से संबंधित जन कल्याण पोर्टल के पोस्टर का लोकार्पण भी किया

राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है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

प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा फीस लेने के मामले में दायर याचिकाओं पर आज उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया

सप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से कहा है कि वो कोरोना की वजह से परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों को एक और मौका देंने पर विचार करें जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बैंच ने यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

मौसम विभाग ने आज सीकर झंझन बीकानेर चूरू श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताते हुए और्रेज अलर्ट जारी किया है आगामी दो दिन तक इन जिलों में शीतलहर की संभावना बनी रहेगी